इसके लिए लाभार्थी को वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज साथ लाने होंगे इसी प्रकार गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर से उनकी बीमारी के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र साथ लाना होगा वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑन द स्वॉट रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकेगा

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण के लिए एसडीएम सहित सरपंच टीचर और राशन डीलर्स का भी सहयोग लिया जाए उन्होंने बताया कि इस चरण के पहले दिन प्रदेश में एक से डेढ़ लाख लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है

कोरोना वैक्सीन ले चुके श्रोता भी अपना अनुभव साझा कर सकते हैं

वहीं दस जिलों बारां बीकानेर बूंदी चूरू दौसा श्रीगंगानर करौली प्रतापगढ़ सिरोही और टोंक में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला

मंत्रालय ने कहा है कि अंतिम तारीख का विस्तार चुनाव आयोग की अनुमति से किया गया है यह निर्णय करदाताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है

इसमें विभिन्न राज्यों से पांच सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया उदघाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि धनिये के उत्पादन और खपत दोनों में भारत विश्व के अन्य देशों से आगे है उन्होंने देश के सभी सांसदों से अपील की कि ये अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक कार्य योजना बनाकर किसानों को नई तकनीक से जोड़ें ताकि उनकी आय बढ़ाने में सफलता मिल सके

इस बार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्कूली छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में चर्चा करेंगे

सदस्यों की याचिका पर कल सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं

इसके तहत अतिरिक्त मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता और अधिशाषी अभियंताओं ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण और सड़क विकास कार्यो का निरीक्षण किया

इस दौरान उन्होंने सेना और रक्षा मंत्रालय से शहीद के परिवार को हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया

राज्य में इस समय भरतपूर और करौली सबसे अधिक गर्म है

पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर सक्रियता और आसमान साफ रहने के कारण इन दिनों समय से पहले ही अधिक गर्मी पड़ रही है हालांकि इस सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है इसके बाद तापमान में गिरावट का अंदेशा जताया गया है